स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के जिलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है

गढ़वाल आयुक्त दौरा हरिद्वार जिले में कोरोना के पांच पॉजिटिव मामले पाए जाने का बाद आज गढ़वाल आय्क्त और आईजी ने भगवानप्र क्षेत्र के माजरा गांव का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने राहत कैम्पों में रह रहे लोगों का भी हाल चाल जाना उन्होंने विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही सभी स्विधाओं की पूर्ति के निर्देश दिये गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने कलियर का दौरा भी किया उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कोरोना के पॉजिटव केस मिले हैं उनका जायजा लिया जा रहा है साथ ही उन जगहों पर जाकर हालात के बारे में जानकारी ज्टाई जा रही है

यह जानकारी प्लिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक क्मार ने दी पेंशन चमोली चमोली जिले में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर समाज कल्याण के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को अग्रिम तीन माह की पेंशन उनके खातों में डाल दी गई है यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि समाज कल्याण में वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग परित्यक्ता किसान पेंशन के लाभार्थियों और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अन्तर्गत अप्रैल मई और जून महीने की अग्रिम धनराशि सभी लाभार्थियों के खातों में जमा करा दी गई है ये लाभार्थी अपनी आवश्यकता के अन्सार कभी भी अपनी पेंशन ले सकते हैं

उन्होंने बताया कि जिले में शेल्टर कैम्पों में ठहराये गए लोगों को चिकित्सकों द्वारा प्रतिदिन काउन्सलिंग की जा रही है मानसिक रोगियों की सहायता के लिए राजकीय मेडीकल कालेज हल्द्वानी से मानसिक रोग चिकित्सक से सम्पर्क कर सलाह और दवाइयां उपलब्ध करायी जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जनता का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है प्रदूषण स्तर उत्तराखंड में लॉकडाउन का सकारात्मक पहलू भी देखने को मिल रहा है पतित पावनी गंगा के अलावा अन्य नदियों में प्रद्रषण का स्तर बेहद कम हो गया है राजधानी देहरादन में भी प्रद्रषण का स्तर सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है

इसकी वजह से वातावरण में काफी सुधार हुआ है

पौड़ी जिले के कोटद्वार में उज्जवला योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और जन धन योजना के लाभार्थियों को काफी राहत मिली है

कोटद्वार की लालप्र निवासी मध्बाला और अन् देवी का कहना है कि उज्जवला योजना के तहत उनके खाते में क्छ दिन पहले पैसे आए जिससे उन्होंने सिलेंडर भरवाया

लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अब सख्त सजा भी मिल सकती है लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया है छूट के दौरान भी लोगों को मास्क या कपड़े से मृंह को ढकना होगा साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई के निर्माण के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रसायन व उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को पत्र लिखा है श्री अग्रवाल ने प्रधानमंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री को अवगत कराया है कि आईडीपीएल कंपनी वर्तमान में सिक यूनिट की श्रेणी में है जहां सीमित मात्रा में दवा का उत्पादन किया जा रहा है